भारतीय वाणिज्य संघ के कोलकाता में आयोजित पन्चानबयें सालाना सत्र को आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिए संबोधन में उन्होंने सरकार की जन केन्द्रित नीतियों का उल्लेबख करते हुए कहा कि अब कड़े फैसले लेने का समय आ गया है ताकि देश में एक प्रतिस्फर्वात्मक और मजबूत घरेलू आपूर्ति श्रंखला तैयार की जा सके प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कई मोर्चो पर चुनौतियों का सामना कर रहा है आत्मानिर्मर भारत का उल्लेख करते हए उन्होंने कहा कि देश इन चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता पिछले छह वर्षो के दौरान सरकार की नीतियों के केन्द्र में रही है कोरोना का संकट पूरी दुनिया में बना हुआ है पूरी दुनिया इससे लड़ रही है कोरोना वारियर्स के साथ हमारा देश इस लड़ाई में जरा भी पीछे नहीं है लेकिन इन सबके बीच हर देशवासी अब इस संकल्प से भी भरा हुआ है कि इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है इससे हमें देश का बहुत बढ़ा टर्निंग प्वाकइंट भी बनाना है ये टर्निंग पौइंट क्याक है आत्मननिर्भर भारत आयात में कर्मी लाने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विमिन्न सुधारों के जरिए देश में उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है कृषि उत्पादों और आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधनों का उत्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध हो सकेगा प्रवानमंत्री ने कहा कि देश में बैंकिंग सेवाए उन लोगों तक पहंची हैं जिनके पास पहले यह नहीं थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में प्रतिदिन कोरोना वायरस के पंद्रह हजार नमूनों की जांच क्षमता पर संतोष व्यक्त करते हए इसमें निरन्तर वृद्वि करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कोविड नाइन्टीन से होने वाली मृत्यु की दर को नियंत्रित करने और इस रोग से हई मृत्यु के कारणों की मेडिकल समीक्षा करने के भी निर्देश दिए ताकि उपचार को और प्रभावी बनाया जा सके मुख्यमंत्री ने कोविड नाइन्टीन से अधिक प्रभावित जनपदों आगरा मेरठ अलीगढ मुरादाबाद कानपुर नगर फिरोजाबाद गाजियाबाद बुलंदशहर गौतमबुद्धनगर और बस्ती में स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए हैं लखनऊ में आज लोकभवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विकास योजनाओं को तेजी से संचालित करने के निर्देश दिए जिससे रोजगार के नए अवसर सुजित हो सकें श्री योगी ने सभी मंडलायक्तों को अपने अपने मंडल के सभी जनपदों में विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के भी निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि स्ट्रीट वेंडरों को प्रवानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज का लाभ देने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए उन्होंने आवास विभाग को किफायती दरों पर आवास तैयार करने के लिए तेजी से कार्य करने के भी निर्देश दिए प्रदेश सरकार ने अगले छह महीने में दस लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की है कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार प्रदेश वापस लौटे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्णबंदी में छूट के बाद कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में जिलाधिकारियों को इस महीने की पंद्रह तारीख से मनरेगा के तहत प्रतिदिन एक करोड़ कार्य दिवस सुजित करने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के तालमेल से यह संभव है जिलाधिकारियों से रोजगार सुजित करने के उपाय तलाश करने और तीन दिन के अंदर सरकार को रिपोर्ट भेजने को कहा गया है जौनपुर के भदेठी गांव में दो दिन पूर्व दो गुटों में विवाद के बाद हुई आगजनी की घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों के खिलाफ कठोर करेवाई के निर्देश हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोपियों के विरूद्व गैंगस्टर और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत कार्यवाही की जाए उन्होंने स्थानीय प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष से दस लाख छबीस हजार चार सौ पचास रूपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है उन्होंने पीड़ित परिवारों को समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुमन्य एक लाख रूपए की सहायता राशि उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना के पीड़ित सात परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिया जाए जौनपुर के सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के भदेठी में मंगलवार को दो गूटों में विवाद के बाद हई आगजनी और मारपीट में दस लोग घायल हो गए थे इस मामले में अटठावन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है प्रदेश के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं मौसम विभाग ने आज से अगले चार दिनों तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा का अनुमान जताया है परिचमी विक्षोम की स्थिति बनने से प्रदेश में मौसम में परिवर्तन का अनुमान जताया गया है इस बीच आजमगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में आज दोपहर तेज बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया पीलीभीत और राज्य के पश्चिमी अंचलों में सुबह बूंदाबांदी होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है